प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार विशेषज्ञों और विपक्ष की आशंकाओं के बावजूद अगले पांच वर्ष में भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अग्रसर है पूणे में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह लक्ष्य हमारे लिए विशेषज्ञों की तरह केवल आंकड़ा भर नहीं है उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में यूवाओं के लिए अवसरों की भरमार है और हाल के नीतिगत फैसले आर्थिक वृद्धि को और मजबूत करेंगे श्री मोदी ने कहा सरकार ढांचागत परियोजनाओं में एक सौ लाख करोड़ रूपए से भी अधिक लगाने पर विचार कर रही है उन्होंने कहा कि रोजगार का स्वरूप बदल रहा है और अब कौशल विकास इसके केंद्र में है पटना हाई कोर्ट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के दो सौ पचहत्तर पदों पर नियुक्ति के लिये जारी परिणाम को रद्द कर दिया है एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने नये सिरे से रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया न्यायालय ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से बी टेक की डिग्री लेने वालों को पचास प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के फैसले को निरस्त करते हये निजी और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से बी टेक डिग्री लेने वाले छात्रों को एक समान मानते हुये परिणाम जारी करने का आदेश सुनाया मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को लेकर चुनाव आयोग ने जिलाधिकारी और इससे नीचे के अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है समान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है तबादलों पर रोक चौदह जनवरी तक प्रभावी रहेगी विशेष परिस्थिति में सरकार चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इन अधिकारियों का तबादला कर सकती है प्रदेश में डेंग् के बढ़ते मामलों को देखते हये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पांच सदस्यीय टीम ने एनएमसीएच का दौरा किया केंद्रीय टीम में शामिल सदस्यों ने मेडिसीन विभाग और माइक्रो बायोलॉजी लैब का निरीक्षण किया साथ ही मरीजों को अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली केंद्रीय टीम का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर पापिया दास ने एनएमसीएच में डेंगू मरीजों के लिये अलग वार्ड बनाने का निर्देश दिया इधर पटना में कल दो सौ तीस मरीजों में डेंगू पॉजिटीव पाया गया पीएमसीएच में एक सौ चालीस तथा एनएमसीएच और आरएमआरआई में नब्बे मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुयी है उनतीस मरीज चिकुनगुनिया के पाये गये हैं अन्य सरकारी और निजी अस्पतालों में भी डेंगू के कई मरीज मिले हैं इधर डेंगू की मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण पटना के ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की कमी हो गयी है पीएमसीएच के ब्लड बैंक प्रमुख डॉक्टर उपेंद्र सिन्हा ने लोगों से रक्तदान की अपील की है जिससे प्लेटलेट्स की कोई कमी नहीं होने पाये दूसरी तरफ पटना के जलजमाव वाले क्षेत्रों में डायरिया का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है कल दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के दौरान डायरिया पीड़ित एक युवती की मौत हो गयी अस्पताल में डायरिया के कई मरीजों का इलाज चल रहा है दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने दिल्ली से राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिये चौदह जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का फैसला किया गया है ये ट्रेनें दिल्ली से पटना गया भागलपुर बरौनी दरभंगा सहरसा पूर्णिया कटिहार जोगबनी और मुजफ्फरपुर के लिये अलग अलग तिथियों को चलायी जायेंगी वहीं पुणे से दानापुर के बीच भी सुविधा स्पेशल ट्रेन का परिचालन बीस अक्टूबर से बारह नवम्बर के बीच होगा जहानाबाद में पिछले दिनों हुयी हिंसक घटनाओं के प्रभावितों को सरकार मुआवजा देगी गृह विभाग ने इसके लिये पच्चीस लाख रूपये का आवंटन किया है मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच हुयी हिंसक झड़प के बाद कई दुकानों में आग लगा दी गयी थी और कई घरों को नुकसान हुआ था साथ ही दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये थे इक्कीस अक्टूबर को विधानसभा की पांच और समस्तीपूर लोकसभा सीट के लिये चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है भाजपा जदयू लोजपा कांग्रेस राजद और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सहित विभिन्न दलों के नेता अपने अपने दलों और गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चूनावी सभा रोड शो और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरौंदा किशनगंज और समस्तीपुर में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया इधर दरौंदा से राजद प्रत्याशी उमेश कुमार सिंह के समर्थन में पार्टी के कई नेताओं ने रोड शो किया किशनगंज में कांग्रेस की प्रत्याशी सईदा बानो के समर्थन में कांग्रेस और राजद के नेताओं ने चुनाव प्रचार किया वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भाजपा की स्वीटी सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में एनआईए ने मुख्य आरोपी मंजर आलम के खिलाफ पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है अब तक इस मामले में बारह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है शिक्षा विभाग की महिला डाटा इंट्री ऑपरेटरों को अब हर माह दो दिन का विशेष अवकाश मिलेगा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है यह अवकाश दो लगातार दिनों के लिये एक ही बार मिलेगा नीति आयोग द्वारा जारी पहले नवाचार सूचकांक में बिहार को सोलहवां स्थान हासिल हुआ है इस सूची में कर्नाटक पहले स्थान पर है वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर है नवाचार सूचकांक तैयार करने में मानव संसाधन निवेश कारोबार का माहौल सुरक्षा कानूनी वातावरण तथा ज्ञान के उत्पादन और प्रसार को पैमानों में शामिल किया गया था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से तैयार भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक में सबसे खतरनाक तेरह शहरों में भागलपुर भी शामिल है रिपोर्ट में मध्यम जोखिम वाले शहरों में पटना और दरभंगा को भी शामिल किया गया है इसके अलावा सिस्मिक जोन पांच में अररिया दरभंगा मध्रबनी सीतामढ़ी सुपौल सहित आठ जिले जोन चार में चौबीस जिले और जोन तीन में छह जिले हैं मनरेगा में बेहतर उपलब्धि के लिये दिये जाने वाले मनरेगा अवार्ड के लिये राज्य सरकार ने नवादा और बांका जिले के नाम केंद्र को भेजा है इन दोनों जिलों की उपलब्धियों को बाईस अक्टूबर को पुरस्कार चयन समिति के समक्ष प्रदर्शित किया जायेगा पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में चल रहे सत्तरवीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केट बॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग में बिहार की टीम ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरूआत की है अपने पहले लीग मैच में बिहार ने जम्मू कश्मीर को छत्तीस के मुकाबले चौहत्तर अंक से पराजित किया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के उस बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है मतभेद की अटकलों पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने लगाया विराम कहा अटल है हमारा गठबंधन दैनिक भास्कर की सुर्खी है जस्टिस शाही जायेंगे मद्रास व राकेश आंध्र जस्टिस संजय करोल होंगे पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रभात खबर ने लिखा है प्राइवेट स्कूल की शिक्षिकाओं को मैटरनिटी अवकाश देने वाला पहला राज्य बना केरल दैनिक आज ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है पांच ट्रिलियन का सपना अभी असंभव राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ी